इस अवसर पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं दी हैं राज्यपाल ने अपने बधाई संदेश में कहा कि ये पर्व खुशी और अंधेरे पर उजाले की जीत का प्रतीक है मुख्यमंत्री ने अपने बधाई संदेश में कहा कि दीपावली का पर्व आपसी मेलजोल एकता व हर्षोल्लास का द्योतक है और उन्होंने उम्मीद जताई कि यह त्यौहार सबके जीवन में खुशियां व समृद्धि लेकर आए पूरे देश की तरह प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर दीपावली पर बच्चे पटाखों का प्रयोग कम कर ग्रीन दीपावली मना रहे हैं सोलन में छोटे छोटे बच्चों ने इस पर्व पर अपने हाथ का हुनर दिखाकर खूबसूरत रंगोली बनाई और लोगों को ये संदेश दिया कि बिना पटाखों के भी दिवाली को खास बनाया जा सकता है वहीं इस मौके पर ग्रामीण क्षेत्रों में पारम्परिक व्यंजन बनाए गए हैं दीपावली को देखते हुए पथ परिवहन निगम की ओर से शाम चार बजे तक ही बस सेवाए चलाई गई इसके अलावा राज्य के लंबे रूटों सहित बाहरी राज्यों के लिए चलाई गई विशेष बसों का स्टाफ भी यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने के बाद दिवाली मनाने चला जाएगा

बीते कल शिमला में सराज मण्डल मिलन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इससे क्षेत्र की जल समस्या दूर होगी उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में जंजैहली में हैलीपैड और बस अड्डे का निर्माण शीघ्र किया जाएगा ताकि इस खूबसूरत जगह पर पर्यटकों को आवागमन की बेहतरीन सुविधा मिल सके उन्होंने आश्वासन दिया कि जंजैहली को हैलीटैक्सी सेवा के साथ जोड़ने के भी प्रयास किए जाएंगे

वे मंगलवार को धर्मशाला में मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए गठित समिति की समीक्षा बैठक में भाग ले रहे थे

उन्होंने अधिक से अधिक युवाओं से इस योजना का लाभ उठाने का आहवान किया

पिछले दिनो हुई भारी र्बफबारी के कारण सड़के अवरूद्द होने से क्षेत्र के लोग अपना सेब मण्डियों तक नहीं पहुंचा पा रहे थे

रोहतांग जिला लाहौल स्पिति में भारी बर्फबारी से अवरूद्व रोहतांग दर्रे को आज चार दिन बाद बहाल कर दिया गया

केलंग के एसडीएम अमर नेगी ने बताया कि रोहतांग सड़क का जायजा लेने के बाद ही कल वाहनों की आवाजाही की अनुमति दी जाएगी वहीं परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक मंगल मनेपा ने बताया कि रोहतांग सड़क की हालत सामान्य होने तक बसों की आवाजाही नही होगी उन्होंने कहा कि बर्फबारी से बंद हुई घाटी की सड़कों पर बस सेवाएं शुरू कर दी गई हैं